बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और एकजुट रहने की अपील की थी

इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चअली आयोजित होगी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा सीएम किसान कल्याण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे

राशि का अंतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा

इसके अलावा इस बार अभर्थियों को ई नामांकन भरने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी रेल स्वच्छता पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न सामाजिक उत्थान से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं इसी के तहत रतलाम रेल मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाडा आयोजित किया जा रहा है

डीआरएम विनीत गुप्ता ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया गया कि यहां पहली बार स्पिट बैग प्रणाली अपनाई जा रही है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने कल वर्चुअल लिंक के माध्यम से और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के मंत्रिगणों ने मौके पर मौजूद रहकर दिव्यांग खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांगजन खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का निर्माण दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है इसमें बिना दबाव अभाव और प्रभाव के सीखने और समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र तक ज्ञान पहुँचाने का लकीर से हटकर अपने स्वरूप में राष्ट्र केन्द्रित एकात्म भाव से युक्त उपाय है श्रीमती पटेल कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौतियाँ एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित वेबिनार को राजभवन लखनऊ से सम्बोधित कर रही थी वेबिनार का आयोजन मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा किया गया था

सीहोर नीमच शिवपुरी छिन्दवाड़ा सहित सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकमों में विद्यार्थियों का सम्मान किया गया

इधर राजधानी भोपाल में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है इसके तहत प्रायवेट डॉक्टर घर पर विजिट कर सकेंगे

जिसमें कम वजन वाले बच्चों को पोषण आहार वितरित किया गया